कार्य सूची के मुताबिक प्रश्नकाल के बाद सदन की समितियों के प्रतिवेदन सभा पटल पर रखे जाएंगे

स्कूल मोबाइल शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि स्कूलों और कॉलेजों में मोबाइल फोन लाने पर सरकार शीघ्र ही प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है

उन्होंने कहा कि सरकार इस पहलू पर कानूनी रूप से सलाह ले रही है उन्होंने माना की शिक्षण संस्थानों में छात्राओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं लगातार बढ़ रही है

राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ औद्योगिक क्षेत्र प्रदेश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है राज्यपाल कल बद्दी में क्षेत्र के उद्योग संघ के प्रतिनिधियों के साथ हुई चर्चा में बोल रहे थे

वीरेंद्र कंवर ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि प्रदेश में देसी नस्ल के पशुओं को बढ़ावा देने के लिए पशुपालकों को कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा दी जा रही है धर्मशाला में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को तत्वावधान में आयोजित एक कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत संतान परीक्षण कार्यक्रम के लिए केंद्र से एक हजार एक सौ छियासठ लाख रुपए से अधिक की राशि प्राप्त हुई है मौसम राजधानी शिमला सहित प्रदेश के ऊंचाई वालों इलाकों में कल रात हुए हिमपात से सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है किन्नौर और चम्बा जिलों में आज भी रूक रूक कर बर्फबारी हो रही है लाहौल स्पिति किन्नौर और चम्बा में भारी हिमपात से कई सड़क मार्ग अवरूद्व है और बिजली व संचार व्यवस्था भी बाधित हुई है हालांकि सड़कों से बर्फ हटाने का कार्य युद्धस्तर पर जारी है मौसम विभाग ने आज भी ऊंचाई वालो इलाकों में कुछ स्थानों पर हिमपात जबकि निचले इलाकों में क्छ इलाकों में वर्षा की संभावना जताई है

इस दौरान लोगों की डाक सम्बन्धी शिकायतें सुनी जाएंगी इच्छुक लोग आज अपनी शिकायतें चीफ पोस्टमास्टर जनरल शिमला या संबंधित प्रवर अधीक्षक कार्यालय में दर्ज करवा सकते हैं अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र व प्रदेश में हुए ताजा हिमपात से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है अमर उजाला की सुर्खी है निवेशकों के लिए एनओसी खत्म करने के बिल पर सदन में हंगामा दिव्य हिमाचल के अनुसार पीडब्ल्यूडी में अब नहीं होगी बेलदारों की भर्तियां पंजाब केसरी का शीर्षक है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विधेयक पर हंगामा पांच दिन में विपक्ष का चौथी बार वॉकआउट दैनिक जागरण के शब्द हैं सदन में हिमाचली हितों पर फिर रार आपका फैसला के मुताबिक सत्र के पांचवें दिन उद्यमों की स्थापना विधेयक पर तीखी नोक झोंक विपक्ष का वॉकआउट

आपका फैसला लिखता है लाहौल स्पिति में चला बर्फीला तूफान पूरे हिमाचल में प्रंचड ठंड का प्रकोप दिव्य हिमाचल लिखता है बर्फबारी से बिगड़े हालात पंजाब केसरी के अनुसार लाहौल में बर्फीला तूफान मैदानों में वर्षा संडे तक राहत की उम्मीद